अब तक ग्यारह लाख बहत्तर हजार से अधिक लोगों को दिये गये टीके

उम्मीदवारों के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की नहीं होगी अनिवार्यता

और श्रद्धा तथा भक्तिमय माहौल में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का त्योहार

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

महिला दिवस की तर्ज पर चलाये जाने वाले इस अभियान के तहत अधिक से अधिक पंचायती राज प्रतिनिधियो को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है वहीं आज शिवरात्रि के कारण टीकाकरण नहीं किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज के दिन लोग उपवास करते हैं और इस स्थिति में टीका नहीं लेने की सलाह दी गयी है इधर कल प्रदेश में बावन हजार दो सौ तीस लोगों को कोविड के टीके लगाये गये इनमें से सैंतीस हजार सात सौ तिरसठ लोगों को टीके की पहली डोज जबकि चौदह हजार चार सौ सड़सठ लोगों को टीके की द्रसरी डोज दी गयी अब तक ग्यारह लाख बहत्तर हजार पांच सौ तीस लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है इसमें नौ लाख तेरह हजार छह सौ सड़सठ लोगों को टीके की पहली खुराक जबकि दो लाख अंठावन हजार आठ सौ तिरसठ लोगों को दूसरी खुराक दी गयी है प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव तीन प्रतिशत है अब तक दो लाख इकसठ हजार तेरह लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है वर्तमान में तीन सौ दो लोगों का उपचार चल रहा है कल प्रदेश के सत्रह जिलों से कोविड के चौवालीस नये मामलों की पुष्टि हुई इसमें सबसे अधिक नौ मामले पटना से हैं वहीं इसी अवधि में एक व्यक्ति की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार पांच सौ अड़तालीस हो गया है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को मंजूरी दे दी है इस निधि से स्वास्थ्य के क्षेत्र में किफायती सेवाएं और संसाधन उपलब्ध होंगे इस कोष की राशि वित्तवर्ष के साथ समाप्त नहीं होंगी इस राशि का उपयोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जैसी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाओं में किया जाएगा इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का इस्तेमाल स्वास्थ्य सम्बंधी आपात स्थितियों में आपातकालीन और आकास्मिक विपत्तिकाल में तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए किया जा सकेगा राज्य निर्वाचन आयोग ने भ्रष्टाचार के दोषी व्यक्तियों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है आयोग ने इस संबंध में पंचायत राज अधिनियम दो हजार सोलह के प्रावधानों के तहत आदेश निर्गत किया है आदेश में कहा गया है कि भारत के अंदर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा राजनीतिक अपराध से अलग किसी अन्य अपराध के लिए छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा पा चुके लोग चुनाव लड़ने के अयोग्य होंगे भ्रष्टाचार के दोषियों के अलावा अन्य ग्यारह मामलों से जुड़े लोग भी चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे इनमें वैसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हों चुनाव संबंधी किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किये गये हों इक्कीस वर्ष से कम उम्र को हों विकृत चित्त वाले हों और केन्द्र या राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा में हों उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है इसके अलावा ऐसे लोग भी चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से सहायता प्राप्त संस्था की सेवा में हों सरकारी या स्थानीय प्राधिकार की सेवा में कदाचार के आरोप में सेवामुक्त किये गये हों और किसी लोक सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किये गये हों आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि चुनाव लड़ने वाले लोगों के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी नहीं होगी इधर विभागीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम की खरीद नहीं होने से चुनाव होने में एक महीने का और विलंब हो सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी गांवों में महिलाओं के लिए अलग से द्रध सहकारी समिति बनाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है डेयरी विकास से संबंधित कॉम्फेड की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने इन समितियों में जीविका दीदियों को भी शामिल करने को कहा उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिला प्रखंड और पंचायतों से लेकर सभी गांवों को डेयरी कॉपरेटिव नेटवर्क से जोड़ा जायेगा पटना स्थित आदर्श कोन्द्रीय कारागार बेऊर के अधीक्षक सत्येन्द्र कुमार को कर्त्तव्यहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है वहीं नवादा मंडल कारा के अधीक्षक महेश रजक पर भी निलंबन की कार्रवाई की गयी है गौरतलब है कि पिछले दिनों जेल में एक साथ हुई छापेमारी के दौरान बेऊर जेल से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किये गये थे साथ ही जेल अधीक्षक पर छापेमारी में सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगा था इस मामले में बेऊर जेल के उपाधीक्षक को पूर्व में ही निलंबित किया जा चुका है पूर्णिया जेल के अधीक्षक जितेन्द्र कुमार बेऊर जेल के नये अधीक्षक बनाये गये हैं शराबबंदी कानून को लेकर विधानसभा में लगातार हो रहे हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पन्द्रह मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलायी है उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य में शराब मिल रही है वह गंभीर मामला है श्री सिन्हा ने कहा कि सदन के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है गौरतलब है कि कल विधान सभा और विधान परिषद में शराबबंदी कानून को लेकर विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया था महाशिवरात्रि का त्योहार आज पारम्परिक श्रद्धा और भक्तिमय माहौल में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि को लेकर शिवालयों और मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि विभिन्न मंदिरों में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिये श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर सोनपुर के हरिहरनाथ सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ दरभंगा के कुशेश्वर स्थान रोहतास के गुप्ताधाम और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मंदिरों में इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया जा रहा है कई स्थानों पर रात में शिव पार्वती विवाह समारोह का भी आयोजन किया जायेगा महाशिवरात्रि के अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने गया के विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन के लिए अंतरिम कमिटी बनाने के पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है प्रधान न्यायाधीश एस ए बोवड़े की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया याचिका में कहा गया है कि मंदिर के प्रबंधन और उसकी संपत्ति पर राज्य सरकार का नियंत्रण होना चाहिए साथ ही जैसे वैष्णो देवी और तिरूपति बालाजी मंदिरों के प्रबंधन के लिए बोर्ड का गठन किया गया है उसी तरह विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन के लिए भी बोर्ड का गठन होना चाहिए केन्द्र सरकार ने कहा है कि जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किये जायेंगे केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस संबंध में कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है रैपिड एक्शन फोर्स की एक सौ चौवालीसवीं बटालियन का मुख्यालय पंजाब के जालंधर से वैशाली जिले में स्थानांतरित किया जायेगा सीआरपीएफ के आईजी हेमंत शर्मा ने पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि इसके लिए पचास एकड़ जमीन के अधिग्रहण का काम अंतिम चरण में है श्री शर्मा ने बताया कि इस साल के अंत तक राज्य में रैपिड एक्शन फोर्स की तीन और कंपनियां बिहार आयेंगी राज्य के सभी आठ हजार तीन सौ सतासी ग्राम कचहरियों को कार्यालय खर्च के लिए चार चार हजार रूपये की राशि का भुगतान किया जायेगा पंचायती राज विभाग ने इसके लिए एक करोड पैंतीस लाख़ रूपये की स्वीकृति दी है प्रदेश की सभी पंचायतों में नगर निकायों की तर्ज पर सम्राट अशोक भवन और पार्क का निर्माण होगा पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कल विधानसभा में यह घोषणा की उन्होंने बताया कि गांवों के प्रवेश और निकास पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे मौसम विभाग ने कल और परसों प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जतायी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक प्रति चक्रवात का क्षेत्र बन रहा है जिस कारण नमीयुक्त हवा का राज्य में प्रवाह बना हुआ है इसके प्रभाव से बारिश के अनुकूल स्थितियां बनी हुई है इधर कल देर शाम पश्चिम चंपारण के गौनहा प्रखंड के कई गांवों में भारी ओलावृष्टि भी हुई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओलावृष्टि के कारण फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में इकहत्तर करोड़ सत्तर लाख रूपये की वित्तीय अनियमितता की जांच के लिए कुलाधिपति ने विशेष टीम का गठन किया है कमिटी को एक महीने के अंदर प्ररे मामले की जांच कर रिपोर्ट सौपने के निर्देश दिये गये हैं सहरसा जिले सौर बाजार थाना में तैनात एएसआई ओम प्रकाश राम को शराब पीने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है कोसी प्रक्षेत्र के डीआईजी प्रणव कुमार प्रवीण ने बताया कि निलंबित एएसआई के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया श्रू कर दी गयी है नवादा जिले के गोंविदपुर से पुलिस ने एक पिकअप वैन से अड़तालीस कार्टन शराब बरामद की है मौके से चालक को गिरफ्तार किया गया है वैशाली जिले की एक अदालत ने शराब की एक बोतल मिलने पर एक व्यक्ति को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनायी है दोषी पर एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमूखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है राज्य के किसी भी हिस्से से सड़क मार्ग से पटना चार घंटे में पहुंचने का लक्ष्य बनेगा मास्टर प्लान दैनिक जागरण लिखता है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि पर कोन्द्रीय कैबिनेट ने लगायी मुहर दैनिक भास्कर की सुर्खी है सारण के नीरज नयन बने पश्चिम बंगाल के डीजीपी प्रभात खबर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में गेस्ट शिक्षकों को भी अनुभव का लाभ दैनिक आज ने उत्पाद मंत्री सुनील कुमार के हवाले से लिखा है शराब माफिया की संपत्ति जब्त कर नीलम करेगी सरकार राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है उत्तराखंड की कमान अब तीरथ सिंह रावत को

अब तक ग्यारह लाख बहत्तर हजार से अधिक लोगों को दिये गये टीके

उम्मीदवारों के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की नहीं होगी अनिवार्यता

और श्रद्धा तथा भक्तिमय माहौल में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का त्योहार